प्रधान न्यायधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है शीर्ष न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमानों की देश को आवश्यकता है और इनके बिना काम नहीं चलाया जा सकता न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सरकार को एक सौ छब्बीस या छत्तीस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन न्यायाधीशों की ओर से फैसला पढ़कर सुनाया उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक व्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल सौदे पर निराधार आरोप लगाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि रफाल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक थप्पड़ है आज दोपहर बाद नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मांग की कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने रफाल सौदे की जांच वाली याचिका को खारिज कर सरकार के रूख को साबित किया है एक टवीट संदेश में श्री राठौर ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिये कांग्रेस ने कहा है कि वह रफाल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि रफाल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले को कांग्रेस की नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए संसद के दोनों सदनों की बैठक रफाल लड़ाकू विमान और अन्य मुद्दों के कारण आज पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं लोकसभा की बैठक दोपहर में फिर शुरू हुई तो रफाल सौदे के सवाल पर सत्ता पक्ष और विफक्ष के बीच जोरदार झड़पें हुई उच्चतम न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कांग्रेस पर इस सौदे को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि यह सौदा देश के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है गृहमंत्री ने कहा कि श्री गांधी ने सरकार की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया और उन्हें सदन में माफी मांगनी चाहिए सदन की कार्यवाही शुरू होर्त ही कांग्रेस के सदस्य रफाल सौदे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग को लेकर सदन के बीचोबीच आ गये शोरगुल जारी रहने की वजह से अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी राज्यसभा में भाजपा सांसदो ने रफाल सौदे के मामले में कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा लगाये गये आरोपों के खिलाफ नारेबाजी की उघर कांग्रेस सदस्यों ने रफाल सौदे के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए मांग की कि संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी लगातार जारी रहने के कारण उपसभापति श्री हरवंश ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ एसूर्यप्रकाश ने आज नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर दूरदर्शन महिला किसान पुरस्कार कार्यक्रम का श्मारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिए महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा महिला किसानों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चयन किया है इस अवसर पर श्री सूर्यप्रकाश ने कहा कि वास्तविकता पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण डीडी किसान चैनल पर सत्रह दिसंबर से आरम किया जाएगा उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम महिला किसानों को एक मंच देगा यह मनोरंजक के साथ ही शैक्षणिक भी होगा कुम्भ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह बहत्तर देशों के राजनयिकों के साथ कल प्रयागराज पहुंचेंगे आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि बम्हरौली हवाई अड्डे पर राजनयिकों का स्वागत स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह करेंगे राजनयिकों के आगमन के अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी लगायी जायेगी जिसके माध्यम से मेहमानों को कुम्भ और प्रयागराज की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी जायेगी